आज विश्व पर्यावरण दिवस है प्रदेशभर में होंगे विभिनन कार्यक्रम केन्द्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल अमरकंटक में नर्मदा स्वच्छता श्रमदान अभियान की शुरूआत करेंगे

यहां दस दिनों बाद कोई नया मरीज मिला है उज्जैन में कल सात लोग स्वस्थ होकर अपने घरों को गये

श्रमिक सर्वे राज्य सरकार द्वारा दूसरे राज्यों से आए श्रमिकों को रोजगार देने के लिए जहाँ डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है वहीं गर्भवती धात्री माताओं और उनके छः माह से छः वर्ष तक के बच्चों का भी सर्वे कर पोषण आहार और दवाइया बांटने का कार्य शुरू किया गया है

विभाग द्वारा इन महिलाओं और बच्चों को पोषण आहार आयरन और जिंक की गोलियाँ सहित अन्य आवश्यक सामान उपलब्ध किया जा रहा है

मुख्यमंत्री निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिला कलेक्टरों विभिन्न जिलों में हई बारिश को देखते हए गेहूँ के शत प्रतिशत सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं श्री चौहान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जिला कलेक्टरों और कमिष्नरों से चर्चा में कहा कि निसर्ग तूफान की वजह से तेज हवाओं के साथ बारिश के कारण कुछ स्थानों पर खुले में रखे गेहूँ का सुरक्षित भंडारण एक चुनौती है हालांकि बहुत कम मात्रा में गेहूँ गोदामों तक न पहुंचने की बात सामने आई है लेकिन किसानों को उनके उपार्जित गेहूँ का पूरा भुगतान किया जाएगा मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि उपार्जित गेहूँ के परिवहन का कार्य जिन जिलों में पूरा हो गया है वहां के वाहनों को अन्य जिलों में परिवहन काम में लगाएं

कांग्रेस आरोप प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के कारण किसानों से खरीदे गए गेहूं के भीगने पर कांग्रेस ने राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमल नाथ ने राज्य रकार पर आरोप लगाया कि सरकार की लापरवाही से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा गया लाखों मीट्रिक टन गेहूं खुले आसमान के नीचे पड़ा भीग गया है जिससे करोड़ों का नुकसान हुआ है

इस दौरान मलेरिया डेंगू और चिकिनगुनिया जैसे रोगों के प्रारंभिक लक्षण बचाव और उपचार की जानकारी मलेरिया रथ के माध्यम से जिले और विकासखंड मुख्यालयों पर दी जाएगी

इस मौके पर केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्यमंत्री प्रह्लाद पटेल अमरकंटक में पुष्कर सरोवर रामघाट में मां नर्मदा स्वच्छता श्रमदान अभियान की षुरूआत करेंगे वहीं भोपाल में एक विशेष वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है

पर्यावरण पर परिचर्चा के साथ लोगों को अनलॉक डाउन में बरती जाने वाली सावधानी पर भी चर्चा की जाएगी पर्यावरण दिवस विशेष रिपोर्ट वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान हुए लॉक डाउन के कारण आम जनमानस को भले ही परेशानियों का सामना करना पड़ा हो लेकिन इस दौरान पर्यावरण को बेहतर होने और प्रदूषण को कम करने के लिए वरदान साबित हुआ है

इस सिलसिले में संचालक खेल और युवा कल्याण वीके सिंह ने प्रदेश के समस्त संभागीय और जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारियों को पत्र भेजकर जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं

मौसम प्रदेष में पिछले चौबीस घंटों के दौरान जबलपुर रीवा षहडोल सागर इंदौर होषंगाबाद और भोपाल संभागों के जिलों में अधिकांष स्थानों पर उज्जैन सम्भाग के जिलों में क्छ स्थानों ग्वालियर सम्भाग के जिलों में कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई चंबल सम्भाग के जिलों का मौसम मुख्यतः षुष्क रहा

मौसम केंद्र के अनुसार आज सागर संभाग के कुछ जिलों में वर्षा या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं भोपाल होषंगाबाद इंदौर उज्जैन रीवा षहडोल जबलपुर संभागों के कुछ स्थानों पर बारिष होगी